गुरूग्राम पहली बार हो हरी दो दिवसीय युवा अधीक्षक कांफ्रेस आज शुरू हई कांफ्रेंस और पुलिस एक्सपो का शुभारंभ करते हये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विभिन्न च्नौतियों से निपटने में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस से प्रभावित देश ईरान में फंसे भारतीय तीर्थ यात्रियों और छात्रों को वापिस लाने के लिए भारत ईरान के सम्पर्क है कोरोना वायरस के मद्देनज़र वहां फंसे भारतीयों की जाच के लिए भारतीय चिकित्सा टीम आज ईरान पहंच रही है एक टवीट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के शहर कोम मे आज पहला क्लीनिक स्थापित करने की उम्मीद जताई उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद जांच प्रक्रिया शुरू होगी उन्होंने कहा कि मंत्रियों का एक समूह लगातार प्रगति पर निगरानी रख रहा है कोरोना वायरस के बारे में आज राज्यसभा में बयान देते हुये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार सभी राज्यों और अस्पतालों के लिए कल एक राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर रही है

डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्थिति से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे है उन्होंने कहा कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सम्पर्क में है

विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि रेलवे स्टेशनों और बस अड्डो पर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि उनमे से तीन संक्रमित व्यक्तियों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की श्भकामनायें देते हये कहा है कि इस वर्ष वे किसी होली मिलन समारोह में भाग नहीं लेंगे उन्होंने लोगों को भी सलाह दी कि होली के अवसर पर बड़े मिलन समारोह न करें उन्होंने कहा कि होली पर्वपर राजभवन में होने वाला होली मिलन समारोह भी नहीं किया जायेगा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने चालू वितीय वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा राशि पर ब्याज की दल घटाकर साढ़े आठ प्रतिशत कर दी है

केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवारने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था सेट्रलबोर्ड ऑफ ट्रस्टी के साथ मुलकात के बाद यह घोषणा की आज अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन निर्देशक बी एस गिल ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर रेलवे एक सप्ताह का कार्यक्रम मना रही है इसी कड़ी में एक लोको क्रू ट्रेन चलाई गई है हम कोशिश कर रहें है कि महिलाओं को अधिक से अधिक सुविधांए प्रदान करने और उन्हे काम करने का भी भरपूर मौका दिया जाए अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन से महिला लोकोपायॅलेट दीप्ती मांडेकर के साथ उनकी सहायक भारती पेसेंजर ट्रेन लेकर अम्बाला से नग्गल डैम के लिए रवाना हई उसका कहना है कि वह चाहती है इसके बाद शताबदी राजधानी व वन्दे भारत रेलगाड़ी चलाए

खाय प्रंसस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अधक्षता में आज नई दिल्ली में इ्ई अंतर मंत्री स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई किसान संपदा योजना की कृषि प्रसंस्करण कलस्टर योजना के तहत परियोजनाओं स्वीकृति दी गई थी

उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है गुरूग्राम में पहली बाल हो रही दो दिवसीय युवा पुलिस अधिक्षक कांफ्रेंस आज शुरू हो गई है इस कांफ्रेंस और पुलिस एक्सपो का शुभारंभ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया

इस मौकेपर अपने सम्बोधन में श्री डोभाल ने कहा कि इस कांफ्रेंस मे यूवा अधीक्षकों को एक दूसरे के साथ विचार सांझा करने का समय तो मिलेगा ही साथ ही कानून व्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है उसको बारे में भी जानकारी मिलेगी उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर अब प्रलिस प्रशासन में मजबूती आई है

उन्होंने कई उदाहरण देते हये कहा कि हत्या अपहरण भीड़ के बीच शांति स्थापित करनादंगों पर काबू करना आंतकी हमले समेत पुलिस के सामने कई बड़ी चुनौतियां रहती है लेकिन प्रौद्योगिकी का सहारा लेती है जो काफी चीजें आसान हो जाती है उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उपकरणों की भरमार है जो काफी कारगर भी साबित होते है

श्री यादव ने कहा कि जवानों के आश्रितों के लिए निःशुल्क कोंचिग के साथ साथ एमफिल व पीएचडी की शिक्षा के लिए छात्रावृति योजना को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है उन्होनें कहा कि पूर्व सैनिकों की तर्ज पर अर्ध सैनिक बल के जवानों का डाटा भी तैयार किया जाएगा जिसके लिए जल्द ही एक पोर्टल बनाया जाएगा

हरियाणा के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहंचाने के लिए जल्द ही स्टॉफ की कमी को पूरा किया जाएगा